मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक ली लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के दिए निर्देश केन्द्र का वित्तीय वर्ष में विस्तार का कोई इरादा नहीं

उन्होंने कहा कि यह नियंत्रण लोगों के सहयोग सामूहिक सतर्कता भीडभाड से बचने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देशों का पालन तथा लॉकडाउन लागू करने के कारण संभव हुआ है उन्होंने कहा कि पूरा देश इस संकामक रोग के खिलाफ संघर्ष में लगा है तथा लोगों को और अधिक सतर्क होने तथा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की जरूरत है

इसके अलावा ईरान से आये सात लोगों में भी कोरोना की प्रष्टि हुई है

इनमें से अधिकतर पूर्व में मिले कोरोना पॉजीटिव के निकट रिश्तेदार है वहीं भीलवाड़ा जोधपुर और अलवर में एक एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है

पिछले दो तीन दिनों में प्रदेश में कोरोना की जांच में भी तेजी आयी है

उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं को राशि आंवटित की है श्री पायलट ने बताया कि संकमण से लडने में सहयोग दे रहे कार्मिकों और जनप्रतिनिधियों को स्वच्छता सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को निर्देश दिए गए है प्रदेश के किसानों को फसल पैकिंग के लिए पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध करवाया जाएगा जिन्हें काश्तकार अपनी जरूरत के मुताबिक कृषि उपज मंडी समितियों और क्रय विक्रय सहकारी समितियों से खरीद सकते है कृषि और सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेशपाल गंगवार ने बताया कि सभी कृषि उपज मंडी समितियों में बारदाने की दुकानें खूलवा दी गई हैं इन दुकानों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है राजफैड की ओर से यह बारदाना नेफेड की विक्रय दर पर बेचा जाएगा

कल राज्य आपदा प्रबधंन प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मजदूर और गरीब वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाये और इनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था में कोई कोताही नहीं बरती जाये बैठक में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई मंत्री मौजूद रहे

वित्त मंत्रालय ने कहा कि राजस्व विभाग से कल जारी अधिसूचना भारतीय स्टैम्प अधिनियम में कुछ संशोधनों से संबंधित है इसका उद्देश्य शेयर बाजारों से प्रतिभूति लेन देन पर स्टैम्प शुल्क संग्रह की कुशल और प्रभावी व्यवस्था करना है

मंत्रालय ने कहा कि मीडिया के कुछ वर्गो में भ्रामक खबर आ रही थी कि वित्तीय वर्ष की अवधि बढा दी गई है भारतीय स्टैम्प अधिनियम में संशोधनों के बारे में केन्द्र से कल जारी अधिसूचना का गलत हवाला देकर यह भ्रम फैलाया जा रहा था

मंत्रालय ने कहा है कि जो ऑपरेटर ऐसा नहीं करता है उनके खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई की जायेगी विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संकमण से घबराने की आवश्यकता नहीं है बल्कि एहतियात बरतकर इससे पूरा बचाव संभव है

इसके अलावा थोडे थोड़े अंतराल पर हल्का गर्म पानी भी पीना चाहिए

कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य में आवश्यक मेडिकल स्टाफ बनाये रखने के लिए ये व्यवस्था की गई है प्रदेश के भाजपा नेता और कार्यकर्ता कोरोना महामारी से निपटने में सरकार को आर्थिक सहयोग करेंगे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश प्रनिया ने कल सांसदों जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ ऑडियो ब्रिज के माध्यम से चर्चा के बाद बताया कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता कम से कम सौ रुपए पीएम केयर फंड में जमा कराएगा और दस अन्य व्यक्तियों को भी इसके लिए प्रेरित करेगा